केन्द्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कराधान प्रणाली को सुगम करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं श्री ठाकुर ने आज राजधानी रायपुर में सीबीआईसी सीबीडीटी और कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही श्री ठाकुर ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर पूरी तरह से मजबूत है उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा केन्द्रीय राज्यमंत्री ने व्यापार और उद्योग संघों के साथ परिचर्चा के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट व टैक्स प्रोफेशनल के साथ विचार विमर्श किया इस चर्चा में उन्होंने व्यापार और टैक्स प्रोफेशनल द्वारा बैंकिंग पेमेंट जीएसटी रिटर्न इनपुट टैक्स क्रेडिट लोन अप्र्वल क्रेडिट कार्ड औरडेबिट कार्ड सेस ट्रांसपोर्टर्स और जीएसटी एकरूपता संबंधित विषयों में आ रही समस्याओं से कोन्द्रीय राज्यमंत्री को अवगत कराया और अपने सुझाव दिए केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने लोगों से बैंकिंग लेन देन के लिए भीम यूपीआई डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने की अपील की श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले चार महीनों में एक लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी का संग्रहण हुआ है केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि टैक्स भरने के स्लैब में उपभोक्तओं के हित को ध्यान में रखा जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में छह हजार रूपए की राशि जमा की है श्री ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार टैक्सपेयर चार्टर ला रही है जिससे आयकरदाताओं को टैक्स जमा करने में परेशानी न हो कार्यक्रम में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य जॉन जोसेफ और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य सीमा के पात्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए वहीं केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लक्ष्य एक पीढ़ी अनेक कार्यक्रम में भी शामिल हुए इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और रामविचार नेताम सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे कोरोना वायरस प्रदेश में कोरोना वायरस और होली पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर विशेष सतर्कता बरती जा रही है होली में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सालयों में इमरजेंसी सेवा और अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है वहीं राजधानी के एम्स डीकेएस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस के संदिग्धों की जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अधीक्षक डॉक्टर करण पिपरे ने बताया कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी जरुरी निर्देश जारी किए गए हैं एम्स के ओपीडी और आपात चिकित्सा में हेल्प डेस्क की सुविधा भी शुरु की गई है होलिका दहन प्रेम भाईचारे और रंगों का त्यौहार होली कल मनाया जाएगा इसके पहले आज रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाएगा राजधानी रायपुर के प्रमुख चौराहों और गली मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं होलिका दहन करने वाले स्थान के आसपास ढोल और नगाड़ों की थाप लगातार सुनाई दे रही है त्यौहार के कारण पिछले कुछ दिनों से बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है जगह जगह रंग गुलाल और पिचकारी की दुकानें सजी हुई हैं होली को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है इसके अलावा मिठाई की दुकानों में भी भीड़ देखी जा रही है गांवों में भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है वहीं इस बार जागरूकता की वजह से कई जगहों पर लकड़ी के स्थान पर कण्डों की होली जलाने की तैयारी की गई है पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लोगों से हरे भरे वृक्ष नहीं काटने की अपील की है इसके अलावा होली में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल युक्त रंगों और मुखौटों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है उधर बिलासपुर में होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया शहर में पुलिस की चालीस पेट्रोलिंग पार्टिंयां बनाई गई हैं जिसमें लगभग पांच सौ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं यें शहर के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे है राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं

मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर जिले के सेरीखेड़ी महिला स्व सहायता समूह और कबीरधाम जिले के जय गंगा मईया महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुलाकात की इस दौरान उन्होंने श्री बघेल को बताया कि वे मंदिरों में चढ़े और मुख्यमंत्री निवास से मिले फूलों का उपयोग कर अब तक करीब आठ क्विंटल गुलाल बना चुकी हैं इधर बालोद जिले में बिहान योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं चुकंदर के फल का रस निकालकर पलाश के फूल जमा कर और सब्जियों से गुलाल बना रही है

इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं पच्चीस मार्च तक चलने वाले इस वजन त्यौहार में पांच साल से कम आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर का आंकलन किया जाएगा पोषण अभियान देशवासियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार पोषण अभियान का प्रमुख कार्यक्रम चला रही है इसके अतर्गत बच्चों बालकों गर्भवती स्त्रियों और दुग्धपान कराने वाली मातओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सहित चौदह केन्द्रीय विभाग और सभी राज्य सरकारे पोषण अभियान में भागदारी दे रही हैं निधन पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का नई दिल्ली में निधन हो गया वे बयासी वर्ष के थे स्वर्गीय श्री भारद्वाज वर्ष दो हजार नौ से दो हजार चौदह तक कर्नाटक के राज्यपाल थे उनके पास वर्ष दो हजार बारह तेरह में केरल के राज्यपाल का प्रभार भी रहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हंसराज भारद्वाज के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पिता दखलू राम भगत का आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे अस्सी वर्ष के थे राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री दखलूराम भगत के निधन पर गहरा द्ःख प्रकट किया है केन्द्र स्व सहायता समूह केन्द्र सरकार महिलाओं की आजीविका के लिए दो हजार बाईस तक पचहत्तर लाख महिला स्व सहायता समूह बनाने की तैयारी कर रही है ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कहा कि यह समूह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आधार है देश में साठ लाख से अधिक स्व सहायता समूह हैं दुर्घटना जगलदपुर में बीती रात एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार परपा थाना के समीप दुर्ग की ओर आ रही बस को पीछे से आ रही द्रक ने टक्कर मार दी इस हादसे में दो यात्री और बस हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई

अंग्रे जी माध्यम स्कूल प्रदेश में आगामी शिक्षा सत्र से अंग्रेजी माध्यम के शासकीय स्कूल शुरू किए जाएंगे इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने आज रायपुर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसे विद्यालयों का चयन करें जिनकी दर्ज संख्या कम हो

उनके पास से एक लाख उन्नीस हजार रूपए से अधिक कीमत की साड़ियां कम्प्यूटर और मोबाइल बरामद किए गए हैं